कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की आज उच्च स्तरीय समीक्षा की श्री मोदी ने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करना चाहिए बैठक के दौरान उन्होंने कोविड उन्नीस के प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिये प्रधानमंत्री ने कोविड उन्नीस के प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया है श्री मोदी ने कहा कि कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की छह तारीख से लेकर चौदह तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कोविड उन्नीस का फैलाव रोकने के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव गृहसचिव स्वास्थ्य सचिव तथा वैक्सीन पर उच्चाधिकार समूह के अध्यक्ष शामिल थे उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने लोगों से कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर तरह की सावधानी का पालन करने को कहा है उन्होंने लोगों से जल्द ही कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की है आज नई दिल्ली में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद श्री नायडु ने यह बात कही प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को ग्यारह अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है हालांकि स्कूल और कॉलेज प्रबंधन पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं जरूरत के अनुसार कोविड उन्नीस के गाईडलाइन का पालन करते हुए ले सकेंगे गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार तीस अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी कार्यक्रम का आयोजन स्थगित रहेगा श्राद्दकर्म कार्यक्रम में जहां पचास लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गयी है वहीं शादी समारोह में अधिकतम ढ़ाई सौ लोग शामिल हो सकेंगे सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या निजी किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गयी है यह रोक अप्रैल के अंत तक प्रभावी रहेगा वहीं पंद्रह अप्रैल तक सार्वजनिक परिवहन में पचास प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल और रेस्तरां में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया गया है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों से कोरोना गाईडलाईन का सख्ती से पालन करने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोग कोरोना से सचेत रहें इससे संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आरटीपीसीआर जांच की संख्या को और बढ़ाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि जितनी अधिक जांच होगी कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण को लेकर विभाग अलर्ट पर है और लोगों को कोरोना के दिशा निर्देश के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए प्रदेश में अब तक चौंतीस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख इकहत्तर हजार चार सौ उनसठ लोगों को टीके दिये गये अब तक दिये गये कुल टीकों में से उनतीस लाख पचपन हजार छह सौ बीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख बासठ हजार छह सौ सात लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक सात करोड़ चौवालीस लाख से अधिक लोगों को टीके दिए जा चुके हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के आठ सौ चौसठ मामलो की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग ने अनुसार पटना जिले में सर्वाधिक तीन सौ बहत्तर पॉजिटिव मामले मिले हैं वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार पांच सौ साठ है कोविड संक्रमण को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने आठ से तेरह अप्रैल तक आयोजित होने वाली इकतसवीं बिहार न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा और ग्यारह अप्रैल को आयोजित होने वाली परियोजना प्रबंधक की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन परीक्षाओं के आयोजन की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी देश में अब तक कोविड के करीब सात करोड साठ लाख टीके लगाय जा चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल अठहत्तर दिनों में साढ़े सात करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकार्ड बनाया है कल सत्ताईस लाख अडतीस हजार से ज्यादा टीके लगाये गये देश में टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था इस महीने की पहली तारीख से पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ है एक अप्रैल से अब तक पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के पांच करोड से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाये गए हैं नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेन्द्र के धमीजा ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरते जाने को कोरोना के बढ़ते मामलों को लिए उत्तरदायी माना है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है

वहीं इस दौरान साठ हजार से अधिक लोगों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गयी देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों का प्रतिशत घटकर तिरानवे दशमवल एक चार प्रतिशत हो गया है वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या छह लाख इक्यानवे हजार है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल ग्यारह लाख छियासठ हजार से अधिक कोविड जांच की गई केन्द्र सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग चौदह सौ किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है इससे राज्य में सड़क यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी सड़कों के नवीनीकरण कार्य पर लगभग बारह सौ करोड़ रुपये खर्च किये जाऐंगे ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार इस योजना के तहत एक सौ उनहत्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा इसके अलावा उनचालीस छोटी पुलियों का निर्माण भी होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत होने वाली इन्टर की कम्पार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए कल से फॉर्म भरे जाएंगे स्कूलों के प्राचार्य बोर्ड की वेबसाईट पर दस अप्रैल तक परीक्षार्थियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि इंटर की वार्षिक परीक्षा में एक या दो विषयों में असफल रहने वाले परीक्षार्थी कम्पार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं श्री किशोर ने बताया कि सेंटअप परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अगर किसी कारण से बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल से एम्स पटना के ओपीडी में दिखाने को लिए मरीज ऑनलाईन पंजीयन करा सकेंगे इसके लिए अस्पताल की ओर से फोन नम्बर नौ चार सात शून्य सात शून्य दो एक आठ चार और नौ चार तीन शून्य शून्य शून्य आठ नौ सात शून्य तथा शून्य छह एक दो दो चार पांच एक शून्य सात शून्य जारी किया गया है मरीज सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सी एम सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है इधर राज्य के सूचना और जन संपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा में एम्स के निर्माण से जिले के लोगों को सुलभ चिकित्स उपलब्ध हो सकेगी पटना के इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में भर्ती मरीजों को पंद्रह अप्रैल से संस्थान की ओर से संचालित सेन्ट्रल ड्रग स्टोर से सभी प्रकार की दवाएं कम दर पर उपलब्ध होंगी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि यह दवाएं बाजार से सस्ती होंगी उन्होंने कहा कि वर्तमान में दवा के लिए मरीजों को ज्यादा पैसे देने के बावजूद बाजार से आवश्यक दवाएं नहीं मिल पाती है ऐसे में अस्पताल निदेशक एन आर विश्वास की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने सेन्ट्रल ड्रग स्टोर चलाने का निर्णय लिया है इमारत ए शरिया बिहार झारखंड और ओड़िशा के अमीर ए शरियत हजरत मौलाना वली रहमानी को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंगेर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया अठहत्तर वर्षीय वली रहमानी का कल पटना में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था आज सुबह से ही मुंगेर स्थित खानकाह रहमानी में दिवंगत वली रहमानी के आखिरी दर्शन के लिए हजार लोगों की भीड़ उमड़ी रही अंतिम संस्कार के समय जिलाधिकारी रचना पाटिल और पुलिस अधीक्षक मानव जीत ढ़िल्लो सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे राज्य के अधिकांश भागों में पूर्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है इससे तापमान चालीस डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के मौसम में अगले अड़तालीस घंटों तक कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में दोषी अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सोलह लोगों की मौत के मामले में सात अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है ईस्टर का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं इधर प्रदेश में भी ईस्टर का त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के सुगौली से विगत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपस्थिति में श्री सहनी और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी गयी पूर्णियां परिक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक सुरेश चौधरी ने कटिहार जिले के सालमारी बाजार में राजद नेता निर्मल बुबना की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले सालमारी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है इधर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज दिवंगत राजद नेता के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की और कहा कि हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा कटिहार जिले के पोठिया ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर बखरी बहियार के पास दो वाहनों के बीच टक्कर में सेना के एक जवान के साथ तीन लोगों की मौत हो गयी